अध्यक्ष ने विधायक रणबीर सिंह गंगवा और केहर सिंह का इस्तीफा मंजूर कर लिया है

केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाने के नाम पर गरीब वर्ग को धोखा दिया है जानी मानी पैरा ओलंपिक एथलीट दीपा मलिक व इनैलो विधायक केहर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये है

विधानसभा अध्यक्ष ने इसी प्ष्टि करते हये कहा कि उन्होंने दो इनेलों विधायकों का इस्तीफा स्वीकार किया है और अभय सिंह चौटाला को विपक्ष के पद से हटाया है अध्यक्ष ने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को विपक्ष के नेता लिये विधायक के नाम की सिफारिश करने के लिये लिखेंगे

हमारे संवाददाता ने बताया कि इनैलो विधायक रनबीर गंगवा और केहर सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये है और इनैलो के महासचिव अभय सिंह चौटाला ने शनिवार को विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया था तथा पार्टी विरोधी कार्रवाईयों के लिये चार विद्यायकों के सदस्यता रदद करने की मांग की थी ये चारों विधायक जन नायक जनता पार्टी मे चले गये है

नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्रीजेटली ने कहा कि कांगेस गरीबी हटाने के नाम पर नारे देने और लोगों को धोखा देना का इतिहास रहा है

श्री स्रजेवाला ने कहा कि यह योजना महिला केन्द्रित है और ये यह पैसा गृहणियों के खाते मे जमा किया जायेगा उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण गरीबों को सीधे योजना का लाभ मिलेगा निर्वाचन आयोग ने आदर्श च्नाव सहिता लागू के बाद बड़ी संख्या में धन राशि अवैध शराब मादक पदार्थ सोना और म्फत बांटी जाने वाली सामग्री जब्त की है

जानीमानी पैरा ऐथेलीट दीपा मलिक और इनैलो विधायक केहर सिह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये है पार्टी के एक प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में इसकी प्ष्टि करते हये बताया कि ये दोनों कल नई दिल्ली मे प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सुभाष बराला और राष्ट्रीय महासचिव तथा हरियाणा प्रभारी अनिल जैन की उपस्थिति में पार्टी मुख्यालय में भाजपा में शामिल हये लगभग पांच दिन पहले नलवा से इनैलो विधायक रनबीर सिंह गंगवा भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये थे दीपा मलिक पैरा ओलंपिक में पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला है पार्टी में शामिल होने के बाद दीपा ने कहाक कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा महिलाओं व दिव्यांगों के संशक्तकरण के लिये किये गये कार्यो से प्रभावित है हरियाणा में लोकसभा च्नाव के मद्देनज़र जिला स्तर पर च्नाव अधिकारी सक्रिय हो गये है सभी रिटर्निंग व जिला प्रशासन से जूड़े अधिकारियों को संभावित गड़बड़ी वाले मतदान केन्द्रों के क्षेत्रों में चौकसी बरतने के आदेश दिये गये है हमारे अम्बाला संवाददाता के अन्सार नारायणगढ़ के सहायक रिटार्निंग अधिकारी एसडीएम अद्वितीय व डीएसपी अमित की अग्रवाई में आज एक फलैग मार्च निकाला गया जिसमें अर्धसैनिक बल व महिला प्लिस की ट्कड़ी शामिल थी सहायक रिटर्निंग अधिकारी अदविति ने बताया कि ये फलैग मार्च संवदेनशील व अति संवदेनशील क्षेत्र में निकाला गया ताकि च्नाव बिना किसी भ्य के शांतिप्र्व ढ़ग से संप्न्न कराया जा सके उधर फतेहाबाद के रतिया इलाके की उप मंडलाधीश डा किरण सिह ने बताया कि चूनाव शांतिप्र्ण ंांग से कराने के लिये सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैा आज डीएसपी धर्मवीर प्निया व अन्य अधिकारियों के साथ पंजाब राज्य की सीमा से सटे अति संवदेनशील मतदान केन्द्रों को दौरा किया गया और सीमा पर लगाये गये नाकों का निरीक्षण किया गया

पुलिस विभाग ने प्रवक्ता के अनुसार पकड़े गये आरोपी की पहचान बहिया गांव के बबी ाणी के निवासी के तौर पर हई और उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनिनयम के तहत अभियोग दर्जकिया गया है प्रवक्ता के अनुसार पुलिस को जानकारी मिली थी कि बलवंत सिंह नाम यह व्यक्ति अफीम की खेती करता है उध्र एक अन्य मामले मे डबवाली प्लिस की सीआईए शाखा ने गश्त के दौरान मंडी डबवाली क्षेत्र मे कोट रोड से राजेश नामक व्यकित को सात ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया और उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जा रहा है ताकि उसके तस्करों के साथ सम्पर्क बारे जानकारी ली जा सकें हरियाणा कृषि विश्वविदयालय के बीस विदयार्थियों को विश्व बैंक ने वित पोषित परियोजना के लिये च्ना है ये छात्र कृषि शिक्षा और अन्संधान के लिये पराग स्थित चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइसंस मे कौशल व उद्यमिता विकास का दो माह का प्रशिक्षण लेंगे

प्रशिक्षण दौरान ये विदयार्थी विभिन्न फसल प्रणालियों मिट्टी के प्रकार फसल स्रक्षा उपाय आदि के साथ औद्योगिक क्षेत्र के जोखिमों का ज्ञान प्राप्त करेंगे प्रशिक्षण का सारा खर्च विश्वविदयालय दवारा वहन किया जायेगा

अम्बाला सहारानप्र मार्ग पर आज स्बह कालपी के नजदीक बस व स्मो कार की भिइत मे कार सवार दो लोगों की मौत हो गई जबकि पांच घायल हो गये घायलों को मुलाना कालेज में भर्ती करवाया गया है

टककर मारने के बाद आरोपी बाइक चालक मौके से फरार हो गया

मौसम विभाग ने यह जानकारी देते हये बताया कि कल प्रदेश में दिन के तापमान में कमी दर्ज की गई और यह सामानय से नीचे चला गया